अब तक दो लाख इक्कीस हजार से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

पांच दिनों के इस सत्र का समापन सताईस नवम्बर को होगा यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की पटना में हुई पहली बैठक में लिया गया बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की मुख्यमंत्री सचिवालय में हुई बैठक में मंत्रिपरिषद के अन्य सभी चौदह सदस्य उपस्थित थे विधानसभा के पांच दिनों के सत्र के दौरान प्रो टेम अध्यक्ष और पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव के साथ साथ कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य निबटाये जायेंगे प्रो टेम अध्यक्ष पहले नव निर्वाचित विधायकों को विधान सभा की सदस्यता की शपथ दिलायेंगे बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र की औपचारिक शुरुआत संयुक्त बैठक के साथ होगी राज्यपाल फागू चौहान दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सत्रहवीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर होंगे श्री मांझी तेईस नवम्बर से शुरू हो रहे विधानमंडल सत्र के दौरान विधानसभा के नये सदस्यों को शपथ दिलाने के साथ ही विधानसभा के नये अध्यक्ष की चयन प्रक्रिया भी प्ररी करायेंगे चौहत्तर साल के श्री मांझी को उनके लम्बे संसदीय अनुभव को देखते हुये इस पद के लिए चुना गया है राज्य में नई सरकार के गठन के बाद कई मंत्रियों ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया भाजपा के दो वरिष्ठ मंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उपमुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद को वित्त वाणिज्य सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है वहीं राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी को पंचायती राज और उद्योग विभाग का मंत्री बनाया गया है उनके पास पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा कल्याण विभाग का कार्यभार भी रहेगा मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह सामान्य प्रशासन कैबिनेट निगरानी और निर्वाचन विभाग का प्रभार रखा गया है पूर्व की सरकार में जदयू और भाजपा के मंत्रियों के पास जो भी विभाग थे उसी तरह इस बार भी विभागों का बंटवारा किया गया है संसदीय कार्य और सूचना तथा जनसम्पर्क विभाग जदयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी को मिला है शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी तारापुर के विधायक मेवालाल चौधरी को दी गयी है जबकि बीजेन्द्र प्रसाद यादव के पास ऊर्जा विभाग और अशोक चौधरी के पास भवन निर्माण की जिम्मेदारी बनी हुई है इधर मंगल पांडेय को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी गयी है इसके अतिरिक्त श्री पांडेय को कला संस्कृति और युवा विभाग तथा पथ निर्माण विभाग का प्रभार भी सौंपा गया है केन्द्रीय कानून मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हैलीकॉप्टर घोटाला मामले में अपने नेताओं के नाम के बारे में कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष स्पष्ट करने को कहा है नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि घोटाले के आरोपियों ने कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं का नाम लिया है श्री प्रसाद ने कहा कि भाजपा इस गंभीर मूद्दे पर कांग्रेस से चूप्पी तोड़ने की मांग करती है श्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं की यह नीति रही है कि कोई भी सौदा या अनुबंध बिना कमीशन के न हो

बिना किक बैक कोई काम नहीं और बिना कांग्रेस के नेताओं के उस किक बैक में कोई काम नहीं नो डील विदाउट ए डील नो कॉन्ट्रैक्ट विदाउट ए कॉन्ट्रैक्ट और इन सब में कांग्रेस नेताओं का नाम आता रहता है प्रदेश में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है अब तक राज्य में दो लाख इक्कीस हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड संक्रमण के पांच सौ तेरह नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ छियासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई हैं वहीं मुजफ्फरपुर में सताईस पूर्वी चंपारण में उन्नीस मुंगेर में अठारह कटिहार और किशनगंज में सोलह सोलह नालंदा में चौदह और बांका में तेरह नये मामलों की पुष्टि हुई है अभी सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार पांच सौ इकतालीस है इधर पटना में पिछले चौबीस घंटों में इलाज के दौरान नौ संक्रमितों की मौत हो गयी वहीं बांका जिले के बांका थाना क्षेत्र अन्तर्गत सैजपुर गांव के होमगार्ड जवान की कोरोना संक्रमण से मौत हो गयी जदयू सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह कोरोना संक्रमित हो गये हैं उनका इलाज पटना एम्स में चल रहा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के मेडिसिन विभाग के एडिशनल प्रोफेसर डॉ पीयूष रंजन ने आकाशवाणी से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिये जीवनशैली बदलना और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना आवश्यक है उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

संतुलित भोजन के रूप में करना होगा नियमित व्यायाम के रूप में करना होगा और बुरी आदतों जैसे कि सिगरेट शराब और दूसरी अन्य चीजों से दूरी बनाए रखना होगा और अभी जो बाजार में आप देखते हैं कि तमाम तरह के भ्रामक विज्ञापन आ रहे हैं जिसमें कि एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन इसमें आप कोई एक पर्टिकुलर दवा खा लें उसके बाद आपकी इम्युनिटी ठीक हो जाएगी तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन से अपने आपको दूर रखें इम्युनिटी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें आप एक दिन दो दिन कुछ खुराक दवा खा करके आप बना सकते हैं अखिल भारतीय सैनिक स्कूल परीक्षा दो हजार इक्कीस के लिए ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गयी है अब तीन दिसम्बर तक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं सैनिक स्कूलों में छठी और नौवीं में प्रवेश के लिए अगले वर्ष दस जनवरी को परीक्षा आयोजित की जायेगी लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान आज नहाय खाय के साथ शुरू हो गया है महापर्व के पहले दिन छठव्रती नहाय खाय के संकल्प के साथ नदियों तालाबों के निर्मल और स्वच्छ जल में स्नान करने के बाद शुद्ध घी में बना अरवा भोजन ग्रहण कर व्रत की शुरूआत करेंगे कल खरना होगा शुक्रवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य और शनिवार की सूबह उगते हुये सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ छठ महापर्व सम्पन्न होगा प्रदेश में विभिन्न नदी पोखर और तालाबों में छठ घाटों के सौंर्दयीकरण तथा उन्हें सुरक्षित बनाने के कार्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है विभिन्न जिला मुख्यालयों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है नहाय खाय को लेकर सुबह से ही छठ घाटों पर व्रतियों की भीड़ देखी जा रही है राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छठ महापर्व पर राज्य और देश की जनता को शुभकामनाएं दी है श्री चौहान ने कहा भगवान सूर्य की प्रजा अर्चना और लोक आस्था से जुड़े छठ पर्व से हमें साधना तप त्याग सदाचार मन की पवित्रता तथा सर्वत्र स्वच्छता और निर्मलता बनाये रखने की सत्प्रेरणा मिलती है मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि लोक आस्था का यह महापर्व आत्मानुशासन का पर्व है जिसमें लोग आत्मिक शुद्धि और निर्मल मन से अस्ताचल और उदीयमान भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं उन्होंने राज्य की प्रगति सुख समृद्धि शांति और सौहार्द्र के लिये प्रार्थना की है तथा राज्यवासियों से अपील की है कि वे इस महापर्व को मिल जुलकर आपसी प्रेम पारस्परिक सद्भाव और शांति के साथ मनायें मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये प्रत्येक व्यक्ति का सचेत रहना नितान्त आवश्यक है अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतें कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे अच्छा उपाय सोशल डिस्टेंसिंग है बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग जरूर करें इधर प्रशासन की ओर से छठ पर्व को लेकर घाटों की ओर जाने वाले संपर्क पथों की साफ सफाई युद्धस्तर पर जारी है प्रशासन ने गंगा नदी में नौका परिचालन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों में कोविड उन्नीस महामारी के मद्देनजर लोगों से घरों में ही छठ व्रत करने की अपील की गयी है इधर अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोविड जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया है पश्चिमी विक्षोभ के कारण पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में लगातार कमी हो रही है मौसम विभाग ने कहा है कि पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण राज्य के मैदानी इलाकों में आज से ठंड में वृद्धि होगी मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि नवम्बर के अंतिम सप्ताह से सुबह और शाम राज्य के अधिकतर भागों में घना कोहरा छाये रहने की सम्भावना है पहली दिसम्बर से सभी कारोबारियों को ई वे बिल के लिए रिटर्न फायलिंग अनिवार्य कर दिया गया है जीएसटी रिटर्न फायलिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है ई वे बिल नहीं होने से व्यापारी अपना सामान एक से द्रसरी जगह नहीं भेज सकेंगे अब जीएसटी के दायरे में आने वाले सभी छोट बड़े व्यापारियों पर यह व्यवस्था लागू होगी इधर वस्तु और सेवाकर जीएसटी परिषद की विधि समिति की आज अत्यावश्यक बैठक बुलाई गई है जिसमें अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के तहत इनपुट टैक्स की उधारी के लिए फर्जी बिल जमा करने के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी पूर्व मध्य रेल की ओर से झाझा पटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलखंड पर चलने वाली नौ और ट्रेनें अब एक सौ तीस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चलेंगी ईसीआर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्री सुविधाओं के साथ साथ रेल क्षमता में वृद्धि और आधारभूत संरचना के विकास से जुड़े कार्यो को क्रमवार पूरा कर रहा है इससे ट्रेनों के समय पालन में वृद्धि होगी और इसका सीधा लाभ यात्रियों को मिलेगा इससे पूर्व दानापुर मंडल की बारह ट्रेनों की गतिसीमा में वृद्धि की जा चुकी है मधुबनी जिले के लौकहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत पथराई गांव के एक घर में शॉर्ट सर्किट से अगलगी की घटना में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गयी पश्चिम चम्पारण जिले में अलग अलग स्थानों पर सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि दो लोग घायल हो गये इधर समस्तीपुर जिले में दलसिंहसराय थाना क्षेत्र के बसढ़िया में सड़क हादसे में घायल दारोगा अशोक कुमार यादव की इलाज के दौरान मौत हो गयी वे दलसिंहसराय थाने में कार्यरत थे पश्चिम चम्पारण के बेतिया स्टेशन पर आरक्षित टिकट की हेरा फेरी मामले में रेल पुलिस ने बुकिंग क्लर्क गोरीशंकर राम को गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नई कैबिनेट की प्रथम बैठक की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में शामिल चौदह मंत्रियों में किया विभागों का बंटवारा छब्बीस विभागों की जिम्मेदारी ग्यारह नये चेहरे को इसी खबर को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है मंत्रियों में बंटा काम विभाग आधे आधे पर भाजपा से जदयू के विभागों का बजट डेढ़ गुना अधिक दैनिक जागरण की सुर्खी है लोकल वकीलों के लिए हाई कोर्ट वोकल पटना में महाजाम की खबर को लिड बनाते हुये प्रभात खबर ने लिखा है शहर के सभी इंट्री प्वाइंट जाम पचास किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों ने लोक आस्था का महापर्व छठ की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है और अब अंत में मुख्य समाचार सत्रहवीं बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र तेईस नवम्बर से होगा शुरू

अब तक दो लाख इक्कीस हजार से अधिक लोग हो चुके हैं स्वस्थ